हरियाणा में लोगों को घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की स्विधा उपलब्ध करवाई जायेगी हरियाणा के ग़्ह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ऑक्सीजन संयंत्रों के स्चारू और स्रक्षित संचालन के लिए प्रबंधन का कार्य सेना और अर्द्वसैनिक बलों को सौंप दिया जाना चाहिए अम्बाला शहर के ऑक्सीजन संयंत्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रू ह्ई पंचकूला में भी ऑक्सीजन संयंत्र ने उत्पादन श्रू किया आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी स्रक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इन दवाओं केा बह केन्द्र क्लीनिकल परीक्षणों के माध्यम से परखा गया है केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा शुरू किया गया यह बह्पक्षीय अभियान यह स्निश्चित करेगा कि दवायें पारदर्शिता और सही ढंग से जरूरतमंदों तक पहंचे इस अभियान में सेवा भारती मुख्य सहयोगी होगी

हरियाणा में लोगों को घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की स्विधा उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए मरीज या उनके परिजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने आज इस सम्बंध में जिलों के नोडल अधिकारियों और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिवों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए श्री अग्रवाल बाद में मीडिया को जारी बयन में कहा कि घरदवार पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की स्विधा श्रू होने से ऐसे मरीजों को काफी लाभ होगा जो घर में एकांतवास में है और उन्हें या उनके परिजनों को सिलेंडर भरवाने के लिए पंक्ति में नहीं लगना पड़ेगा वहीं सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर भी इससे अंकृश लगेगा यह सुविधा शुरू होने से कई घरों में भेजा जा सकेगा और अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड गम्भीर कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे

जैसे ही इस पोर्टल पर जरूरतमंद मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के पंजीकरण के लिए पंजीकरण करेंगे तो उसका आवेदन स्वयंसेवी संस्था और रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों के पास पहंच जायेगा रेड क्रॉस सोसाइटी या स्वयंसेवी संस्था में से कोई भी इस आवदेन ह को स्वीकार करेंगी तो आवेदन करने वाले मरीज के दिए मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस के माध्यम से सूचना पहँच जाएगी

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्रक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दवारा उठाये गये कई कदमों के बाद सरकार ने अब और छुट दी है जिन कर्मचारियों के कार्यालय आने की छूट दी गई उन्हें घर से ही काम करना होगा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ने आदेश मे कहा गया है कि कार्यालयों और कार्यस्थलों पर भीड़ी को कम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को शिफ्टों में काम करना चाहिए कंटेनमेंट जोन मे रहने वाले केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है जब तक इस क्षेंत्र को कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर अधिस्चित नहीं किया जाता

उन्होंने कहा कि यह कदम काफी मददगार साबित होगा क्योंकि अगर एक संयंत्र बदं हो जाता है तो इसका कोविड मरीज़ों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है उन्होने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों मे आवश्यक्तान्सार ऑक्सीजन वितरित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के छ सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र पर काम किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि करनाल और सोनीपत में लगाये गये ऑक्सीजन संयंत्रों से उत्पादन श्रू हो गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्प्तालों को आक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काय्र किया जा रहा है श्री विज ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरी तरह तैयार है और जैसे ही उनके लिए वैक्सीन मंजूर होगी तथा राज्य को वैक्सीन मिलेगी बच्चों का टीकाकरण श्रू कर दिया जायेगा आज अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल मे ऑक्सीजन संयंत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रू हो गई और पंचक्ला के ऑक्सीजन संयंत्र ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है

पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि ऑकसीजन संयंत्र में उतपादन श्रू हाने से जिला अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मिलेगी जिससे मरीज़ों को राहत मिलेगी

इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने संगठन के सभी कर्मचारियों को अपनी श्भकामनायें दी और उन्हें नये जोश व समर्पण के साथ काम करते रहने का आग्रह भी किया